बजट में व्यक्तिगत आयकर स्लैब सरल बनाए गए पांच लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा प्रधानमंत्री ने कहा बजट से न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की सरकार की वचनबद्दता और मजबूत हुई

केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कल लोकसभा में वित्त वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए आम बजट पेश किया वित्तमंत्री ने बजट को प्रौद्योगिकी और युवा वर्ग के विकास पर केंद्रित बताया उन्होंने कहा कि बजट के तीन प्रमुख भाग हैं पहला आकांक्षी भारत शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार क्षेत्र पर विशेष ध्यान दूसरा सबके लिए आर्थिक विकास और तीसरा संरक्षित समाज केन्द्रीय बजट में व्यक्तिगत करदाताओं को राहत देने और कर कानून को सरल बनाने के लिए व्यक्तिगत आयकर की एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई है बजट घोषणा के अनुसार पांच लाख तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा पांच लाख से साढ़े सात लाख तक की आय पर दस प्रतिशत और साढ़े सात से दस लाख तक की वार्षिक आय पर पन्द्रह प्रतिशत की दर लागू होगी दस लाख से साढ़े बारह लाख तक की वार्षिक आय पर बीस प्रतिशत की दर से कर लगेगा साढ़े बारह लाख से पन्द्रह लाख तक की आमदनी पर पच्चीस प्रतिशत और पन्द्रह लाख से ऊपर की आमदनी पर तीस प्रतिशत की दर से कर देना होगा निवेशकों को राहत देने के लिए लाभांश वितरण कर हटाने का प्रस्ताव है वित्तमंत्री ने बजट में विवाद से समाधान योजना का प्रस्ताव किया है इससे प्रत्यक्ष करों से संबंधित मुकदमेवाजी के मामलों में कमी आएगी बजट पेश करते हुए श्रीमती सीतारामन कहा कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार मजबूत हैं और मुद्रास्फीति नियंत्रण में है उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू करना सरकार का ऐतिहासिक फैसला रहा इसके बाद ढांचागत बदलाव हुआ है वित्तमंत्री ने कहा कि भारत अब विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं देश में एक सौ शीर्ष संस्थानों द्वारा डिग्री स्तर का ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा युवाओं के लिए की गई एक पहल के तहत सरकार ने बजट में गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन परीक्षा करवाने के मकसद से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाने की घोषणा की है श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सम्पन्नता और ख्शहाली के लिए लगातार प्रयास कर रही है सरकार दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्द है सरकार के विकास कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्राथमिकता पर चर्चा करते हए वित्तमंत्री ने कहा कि अभिनव और विश्व स्तरीय कार्यो से इस क्षेत्र में निधियों के प्रवाह में सुधार किया जायेगा वित्तमंत्री ने कहा कि नवगठित केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के समग्र विकास में सरकार हरसंभव सहायता प्रदान करेगी

उन्होंने कहा कि बजट प्रत्येक नागरिक को वित्तीय रूप में सशक्त बनाएगा टेलीविजन पर एक संबोघन में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने चार क्षेत्रों कृषि बुनियादी ढ़ांचा कपड़ा और प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दिया है ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें उन्होंने कहा कि बजट से न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की सरकार की वचनबद्वता और मजबूत हुई है बजट में जिन नए रिषॉर्मस का ऐतान किया गया है वो अर्थव्यवस्था को गति देने देश के प्रत्येक नागरिक को अर्थिक रूप से सशक्त करने और इस दशक में अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने का और गति देने का काम करेंगे

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार चाहती है कि धन लोगों विशेष रूप से मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के हाथ में रहे अगले वित्त वर्ष का बजट पेश करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार यह भी चाहती है कि आयकर प्रक्रिया सरल हो और कर अनुपालन में बढ़ोतरी हो वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों युवाओं और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है जो एप्रीकल्वर में काम करना है जो एप्रीकल्वर के साथ वाले एलाइड इंडस्ट्रीज में करना इन सब में युवाओं का रोल मी स्पष्ट तौर पर इस प्लैनिंग में है और उनको वो स्क्रति देने के लिए स्क्रिल डेवलेपमेंट अथॉरटी को उन्हीं के साथ उस स्क्रिल के लिए ट्रेनिंग करने के लिए क्लीयर प्लैनिंग स्टेट के साथ ऑलरेजी बहुत सारी वर्चा हो चुका है दिल्ली समाचार बजट पर उद्योग जगत विमिन्न राजनीतिक दलों के नेता और आम लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बजट में घोषित नए कर सुधार प्रगतिशील साहसी और अभूतपूर्व हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विश्व की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के बीच वित्त मंत्री ने बहत ही परिपक्व बजट पेश किया है देश में इंफ्रास्ट्रक्वर की बहुत अच्छी तरक्की करने वाला यह बजट है और सबसे बड़ा एक फायदा हुआ है इनकम टैक्स के रेट घटे और डिपॉजिटर जो बैंक में पैसे रखता है वो अब पांच लाख तक का कर दिया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है फिक्की की अध्यक्ष संगीता रेड्डी ने कहा कि व्यक्तिगत आयकर में कमी किये जाने से आम व्यक्ति को खूश होना चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम बजट को विकासोन्मुखी करार दिया है उन्होंने कहा कि यह बजट किसान और युवकों को रोजगार प्रदान करने सहित अन्य वर्गो के प्रति नये आयाम स्थापित करेगा यह बजट देश के बुनियादी ढांचा का विकास के साथ ही किसानों के उन्नयन के लिये नौजवानों के रोजगार के लिये देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतरी के लिये एक मिल का पत्थर साबित होगा देश की ववमान आवस्पकता के अनुस्त देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला प्रत्येक नागरिक के आशा और आकांबाओं की पूर्ति का माध्यम बनेगा

वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट को पिछले एक दशक में सबसे खराब बजट करार दिया है बसपा प्रमुख मायावती ने बजट को निराशाजनक बताया है

बजट में सरकार द्वारा स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर कार्य करने पर आम लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की है हरदोई जिला अस्पताल में मौजूद नवजात शिशुओं की माताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया है

वह इस मामले में मृत्युदंड की सजा पाये चार दोषियों में है निर्मया सामूहिक दुष्कर्म मामले के एक अन्य दोषी अक्षय ठाकुर ने भी कल दया याचिका दाखिल की अक्षय ठाकुर और तीन अन्य दोषियों को कल फांसी दी जानी थी लेकिन निचली अदालत ने अनिश्चितकाल के लिए उनकी फांसी पर रोक लगा दी है इस मामले के चारों दोषियों की फांसी की नई तारीख के लिए तिहाड़ जेल अधिकारी दिल्ली के पटियाला हाऊस अदालत जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लखनऊ में होने वाली डिफेंस एक्सपो दो हजार बीस प्रदेश की आर्थिक प्रगति विकास और युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर सुजित करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है श्री योगी ने लखनऊ में डिफेंस एक्सपो की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि इस आयोजन की सफलता के लिये समी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें आगामी पांच फरवरी से नौ फरवरी तक आयोजित होने वाले इस डिफेंस एक्सपो में चेक गणराज्य मैक्सिको दक्षिण कोरिया संयुक्त अरब अमारात अफ्रीकी देशों सहित क़रीब चालीस देशों के रक्षा मंत्री और रक्षा सचिव भाग लेंगे